राज्य सरकार ने प्रदेश के नैमिषारण्य देवीपाटन और विन्ध्याचल स्थित शक्तिपीठों में लगने वाले मेलों को प्रान्तीय मेले का दर्जा दिये जाने के प्रस्ताव को मंज्री दे दी है यह फैसला आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इन तीनों शक्तिपीठों म लगने वाले मेलों के अन्तर जनपदीय अतर्राज्यीय और अतराष्ट्रीय स्वरूप के मद्देनजर समुचित व्यवस्था के लिए यह निर्णय किया गया है उन्होंने बताया कि कुंभ मेला दो हजार उन्नीस योजना के तहत मेला क्षेत्र में चार जगहों अटल अखाड़ा सच्चा बाबा आश्रम ब्रह्म निवास तथा अलोपीबाग मंदिर परिसर में साधु संतों के ठहरने के लिए जरूरी मूलभूत जनसुविधाओं के निर्माण कार्य के लिए पांच सौ पचास लाख रूपये से अधिक की धनराशि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई इलाहाबाद में आगामी कुंभ मेले मेले में स्थायी पान्टून पुलों चेकर्ड प्लेट मार्गो और पाइल पुलियों के निर्माण संबंधो प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया है झांसी में पेयजल की जरूरत को देखते हुए माताटीला डैम से पानी लेकर वहां के लोगों को उपलब्ध कराने के लिए छह सौ करोड़ रूपये की योजना को भी मंजूरी दी गई यह पेयजल योजना केन्द्र सरकार की अमृत योजना के तहत शुरू की जायेगी इसके अलावा बैठक में प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों में दोहरी लेखा प्रणाली लागू करने का निर्णय भी लिया गया यह प्रणाली निकायों में अधिकतम चौबीस माह के भीतर क्रियान्वित की जायेगी राज्य सरकार ने रबी फसलों के लिए प्रमाणित बीजों में सब्सिडी बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है इसके तहत बीज वितरण में पचास प्रतिशत के अनुदान को साठ प्रतिशत किया गया है बैठक में गाजियाबाद में एक राजनैतिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने का फैसला किया है

सरकार संस्थान के पाठ्यक्रमों के लिए कई अतंर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों क साथ बातचीत भी कर रही है

उत्तर रेलवे के मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि घायलों में चार की हालत गंभीर है उन्होंने बताया कि राहत और मरम्मत का कार्य जारी है इस बीच रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस हादसे पर दुःख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के लिए पाच पांच लाख रूपये गंभीर रूप से घायलों के लिए एक एक लाख रूपये तथा सामान्य रूप से घायलों के लिए पचास पचास हजार रूपये की राहत राशि देन की घोषणा की है मुख्य्मंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिजनों के लिए दो दो लाख रूपय तथा गंभीर रूप से घायलों के लिए पचास पचास हजार रूपये अनुग्रह राशि के रूप में देने की घोषणा की है राज्यपाल राम नाईक ने प्रदेश के पूर्व मंत्री चौधरी मोहम्मद बशीर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की मंज्री दे दी है पूर्व मंत्री चौधरी बशीर पर साल दो हजार दो और दो हजार छह सात के दौरान आगरा जिले में कई शैक्षिक संस्थाओं के प्रबंधकों और अधिकारियों की सांठगांठ से बिना विद्यालय निर्माण कराये विधायक निधि से करोड़ों रूपये अवमुक्त कर गबन करने का आरोप है इस मामले में प्रदेश के लोकायुक्त ने चौधरी बशीर को दोषी पाते हुए तीस जनवरी दो हजार आठ को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया था इसके अनुपालन में चौधरी बशीर और अन्य चार लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी राज्य सतर्कता अधिष्ठान द्वारा इन आरोपों की जांच की गई और इन्हें सही पाते हुए उसने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की इसके बाद सरकार ने पूर्व मंत्री द्वारा विधायक निधि से सवा करोड़ रूपये से अधिक की रकम के गबन के सिलसिले में राज्यपाल से अभियोजन चलाने की मंज्री का अनुरोध किया था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

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार के इस फसले से कर्मचारियों को रेलों की कार्यकुशलता सुधारने की दिशा में काम करने की प्रेरणा मिलेगी सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन सिंह राठौड़ ने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अच्छा व्यवहार अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इस बारे में जागरूकता लाने की जरूरत है सोशल मीडिया को पूरी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत के बारे में फसब्क लाइव चर्चा में श्री राठौड़ ने कहा कि इस दिशा में माता पिता और अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं श्री राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से अपने मासिक प्रसारण मन की बात में बल दिया है कि सोशल मीडिया का लोगों के फायदे के लिए जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाये नवरात्रि का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ आज से शूरू हो गया है नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा की पूजा शैलपुत्री के रूप में की जाती है प्रदेश के अधिकांश नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्रमुख शक्तिपीठों और देवी मंदिरों म श्रद्वालु देवी दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं राजधानी लखनऊ के क़रीब बख्शी तालाब क्षेत्र में नन्दन वन स्थित इक्यावन शक्तिपीठ में आज सुबह कलश स्थापना और नीलाम्बर श्रृंगार के बाद शैलपुत्री की पूजा का सिलसिला शुरू हुआ जौनपुर के ऐतिहासिक प्रमुख शक्तिपीठ माता शीतला चौकियां धाम सहित अन्य पौराणिक देवी मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्वालु दर्शन पूजन में लीन है जिले में एक हजार से ज्यादा पूजा पंडालों में माँ की प्रतिमायें स्थापित की गई हैं हापुड़ जिले के विभिन्न देवी मंदिरों में शैलपुत्री की पूजा अर्चना का क्रम जारी है प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही श्रद्वालुओं की भीड़ है इस अवसर पर श्री चंडी मंदिर से शैलपुत्री की पालकी यात्रा नगर के विभिन्न रास्तों से निकाली गई जहां भक्तों ने पुष्प वर्षा करके उसका स्वागत किया मिर्जापुर के विन्ध्याचल धाम स्थित माँ विन्ध्यवासिनी देवी शक्तिपीठ में कलश स्थापना के साथ साथ शारदीय नवरात्रि का पारम्परिक मेला भी शुरू हो गया है इस मेले में देश विदश से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है एक रिपोर्ट प्रसिद्ध शक्तिपीठ विँध्याचल मे शारदीय नवरात्र मेला शुरू हो चुका है आधी रात को जैसे ही मंदिर के कपाट खुले समूची विंध्य नगरी घंटा घड़ियाल के साथ मां के जयकारों से गूँज उठी कल देर रात्रि से ही श्रद्दालुओं के धाम मे पहुँचने का सिलसिला अभी भी जारी है श्रद्दालुओं की लम्बी लम्बी कतारें मंदिर परिसर व गलियों मे लगी हुई है लोग माँ विंध्यवासिनो देवी का दर्शन कर माँ अष्टभुजा माँ काली व माँ तारा देवी का दर्शन पूजन कर त्रिकोण परिक्रमा पूरी कर रहे है नवरात्रि भर दर्शनार्थियों के लिये मंदिर बीस घंटे खुला रहेगा नवरात्रि तक माँ के चरण स्पर्श पर पाबंदी लगाई गई है

उधर बलरामपुर जिले के देवोपाटन शक्तिपीठ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और विवरण हमारे प्रतिनिधि से बलरामपुर में भारत नेपाल सीमा के निकट तुलसीपुर नगर में स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ पर आज प्रतिपदा तिथि को ब्रह्म मुहूर्त से शारदीय नवरात्रि का पूजन अर्चन प्रारंभ हो गया है प्रातः काल से ही श्रद्धालु कतारों में लगकर मां पाटेश्वरी का दर्शन पूजन कर रहे हैं देश प्रदेश के अलावा पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में भक्त मां क दर्शन पूजन हेतु पहुंच रहे हैं नवरात्रि के पर्व पर श्रद्धालुओं को भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन द्वारा सुरक्षा एवं ठहरने का विशेष प्रबंध किया गया है पुलिस प्रशासन भी विशेष सतर्कता बरत रहा है रामकुमार मिश्र आकाशवाणी समाचार बलरामपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि दशहरा दुर्गापूजा और मूर्ति विसजन जैसे आयोजनों के मद्देनजर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं श्री योगी ने कल लखनऊ में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जिलाधिकारियों और ज़िला पुलिस प्रमुखों से सुरक्षा प्रबंधों के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं के आवागमन को देखते हुए शक्तिपीठों और अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलो पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करने को कहा है श्री योगी ने इन त्यौहारों के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और जुलूसों की वीडियोग्राफो कराने का निर्देश भी दिया है